मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी समी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिये गठित की जाये एक एजेंसी राज्य में कोरोना से अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ इस समय प्रदेश में सक्रिय रोगियों की संख्या है सत्तावन हजार पांच सौ अन्टानबे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एक अरब तीस करोड़ भारतीयों ने एक मिशन पर काम करने का संकल्प लिया है जिससे वैश्विक स्तर पर एक मंच के रूप में आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक मूल्य श्रंखलाओं के केन्द्र में हमें निफ्रिय केन्द्र से ऊपर उठकर एक सक्रिय विनिर्माण केन्द्र की शक्ल में उभरना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अमरीका भारत साझेदारी फोरम के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी का हर किसी पर असर पड़ा है और ये हमारी दृढ़ता हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रही है श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान हालात एक नई सोच की मांग करते हैं ऐसी सोच जहां विकास की रणनीति मानव केन्द्रीत हों जहां हर किसी के बीच सहयोगी की भावना हो

उन्होंने कहा कि लगभग शून्य से शुरूआत करते हुए उन्होंने हमें दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट विनिर्माता बना दिया है विभिन्न सुधारो का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी एक अरब तीस करोड़ भारतियों की आकांक्षाओं और महात्वाकांक्षों को प्रभावित करने में नाकाम रही है अमरीका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारत अपनी सीमाओं पर शांति और स्थायित्व चाहता है जनरल रावत ने कहा कि चीन के उकसाने वाले प्रयासो के बावजूद भारत ने इन प्रयासों को रोकने और नियंत्रित करने के समूचित उपाय किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये सभी साक्यानियां बरतने और सर्विलांस डोर ट्र डोर सर्वे तथा टेस्टिंग की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने जनपद लखनऊ और कानपुर में कोरोना के नियंत्रण और उपचार को सुदृढ़ करने के लिये निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा उन्होंने कहा कि इसमें शिथिलता बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गृणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृतसंकल्प है कोविड नाइन्टीन से लोगों को सुरक्षित रखने के लिये हर संभव कदम उठाये जाये मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ाने के निर्देश दिये प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने के लिये सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं आदेश के अनुसार कार्यालयों में समूह क और ख के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यालयों और अनुभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष समूह ग और घ के पचास प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी शेष कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राम होम की अनुमति के संबंध में विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये उन्होंने सभी कर्मचारियों की समयशीलता और उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये अधिकारियों को कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये हर कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क के साथ थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार की तरह राज्य में भी समी भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिये एक एजेंसी का गठन करने के निर्देश दिये है वह कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाये उन्होंने सभी कार्यालयों को समयबद्ध ढंग से ई आफिस प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि विभागीय मुख्यालय सहित अधीनस्थ कार्यालयों में पत्रावलियां सात दिन से अधिक लश्बित न रहे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में विगत वर्ष अगस्त माह के सापेक्ष इस वर्ष अगस्त में प्रदेश सरकार के राजस्व में लगभग छ सौ तीन करोड़ रूपये की वृद्वि हुई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अन्ठानबे दशमलव पांच प्रतिशत इकाईयों के पूरी क्षमता से क्रियाशील होने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हए शेष इकाईयों को भी प्ररी क्षमता से चलाने के निर्देश दिये हैं राज्य में कोविड नाइन्टीन के पिछले चौबीस घटों के दौरान पांच हजार सात सौ छिहत्तर नये मामले सामने आने के बाद अब सक्रिय मामलों की क्ल संख्या सत्तावन हजार पांच सौ अन्ठानबे हो गई हैं वहीं इस दौरान पचहत्तर और मौतों के साथ ही राज्य में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा तीन हजार छः सौ इक्यानबे हो गया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक एक लाख पचासी हजार आठ सौ बारह लोग कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गये हैं उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में साठ लाख पचास हजार चार सौ पचास कोरोना के नमूनों की जांच की गई है प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत एक अक्टूबर से होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह शिविर अगले साल मार्च तक चलते रहेंगे इन खेल प्रशिक्षण शिविरों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया ऐप पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा इसके साथ पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा सामान्य तौर पर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर अप्रैल से शुरू होकर जनवरी तक आयोजित होते थे तेकिन कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष यह आयोजन नहीं हो सके प्रदेश के खेल मंत्री ने कहा कि इसलिए खेल प्रशिक्षण शिविरों के कैलेंडर को मार्च तक बढ़ा दिया गया है ताकि न केवल खिलाड़ियों को अतिरिक्त समय मिल सके बल्कि प्रशिक्षकों को भी पर्यात समय और भता हासिल हो सके खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मौजूद अखाड़ों और व्यायाम शालाओं का पुनरूद्वार कर रही है और राहरी और ग्रामीण इलाकों में मौजूद स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के दर्ज में बढ़ोतरी कर रही है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर क्षेत्र और परिसर की रूप रेखा और नक्शे के शुल्क का भुगतान कर दिया है इस सिलसिले में अयोध्या विकास प्राधिकरण को दो करोड ग्यारह लाख तैंतीस हजार एक सौ चौरासी रुपये का भुगतान आर टी जी एस के माध्यम से किया गया कानपुर नगर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सीएसए में किसानों का मुनाफा बढ़ाने वाली खरीफ और जायद दोनो फसलों में पैदा होने वाली मूंग की नई प्रजाति केएम दो हजार तीन सौ बयालिस आजाद मूंग वन विकसित की गयी है प्रजाति विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉ मनोज कटियार ने बताया कि विकसित की गयी मूंग की इस प्रजाति में प्रोटीन विटामिन और अन्य महत्वपूर्ण तत्व होने से कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने में यह प्रकृति का यह महत्वपूर्ण स्रोत है सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता देश की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पबजी समेत एक सौ अट्ठारह मोबाइल एप्स पर रोक लगा दी है इससे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ो लोगों के हितों की रक्षा होगी